स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है

श्री मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी सम्पत्ति कार्ड की यह योजना गावों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृछ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की

इस दौरान केंद्रीय पंचायतराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री उपस्थित थे

पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड खिर्सू के ग्राम गोदा के सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न होने की बात कही

उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित नहीं करने की भी सलाह दी है रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतें

शोक विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सड़क हादसे में रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा सहित तीन लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है आधिकारिक सुत्रों ने बताया है कि तहसीलदार सुनैना राणा नैनीताल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सरकारी वाहन से वापस रुड़की आ रही थी उत्तर प्रदेश के नजीवाबाद से लगभग तीन किलोमीटर पहले उनका वाहन सर्वनपुर पुल की रेलिंग तोड़ते हुये नहर में गिर गया था सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गोताखोर की मदद से वाहन को बाहर निकाला मोटर दुर्घटना नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर आज सुबह जाखणी गांव के द्नाबगड नामक तोक में एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया

जहां से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया अन्तरराष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में मेधायी छात्राओं के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित कर रही छात्राओं को भी सम्मानित किया गया